भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री टंडन लखनऊ से सांसद और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे

उन्होंने सभी लोगों से घर में रहकर ही श्रद्वांजलि देने का अनुरोघ किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री टंडन के देहांत पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने एक महान हस्ती को खो दिया है उन्होंने कहा कि वे लखनऊ की तहजीब के प्रतीक थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी प्रदेश के राज्यपाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है श्री मोदी ने कहा कि वे एक सक्षम प्रशासक थे जिन्होंने हमेशा जनकल्याण को महत्व दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी श्री टंडन के देहांत पर शोक व्यक्त किया है प्रदेश शोक राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल की बैठक में उन्हें श्रद्धांजलि दी दो मिनट का मौन रखने के बाद बैठक को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया

इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा

आज सभी सरकारी ऑफिस और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे मुख्यमंत्री श्री टंडन के अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी राज्यपाल के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त किया है

जो कैदी गंभीर संक्रमित हैं उन्हें भोपाल शिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही है

जिले में आज चौथे दिन भी टोटल लॉकडाउन जारी है

शहडोल में कोरोना के तीन नये प्रकरण सामने आये हैं यह तीनों दूसरे राज्य से लौटे हैं

उघर कटनी में आज तीन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है

सतना स्थित जिला रोजगार कार्यालय में कल रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगा